विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को लेकर आज दोपहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों और वरिष्ठ र्नताओं के साथ राजभवन पहंचे वहां मुख्यमंत्री ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर तुरंत सत्र आहत करने की मांग की इस दौरान विधायक राजभवन के लॉन में बैठे रहे इसके बाद राज्यपाल ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए उन्हें विधिक राय लेनी है इसके लिए समय चाहिए इस आश्वासन के बाद भी खबर लिखे जाने तक कांग्रेस निर्दलीय तथा सरकार को समर्थन दे रहे विधायक राजभवन में जमे थे अब से क्छ देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सब लोग राज्यपाल के फैसले का इन्तजार कर रहे है

इससे पहले दिल्ली रोड़ स्थित एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई बैठक से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास कर राज्यपाल को कल शाम सोमवार से सत्र बुलाने का अनुरोध किया है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री और विधायकों द्वारा राजभवन में धरना देने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और प्रतिपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है श्री कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों ने आज सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया

इस बीच आज कांग्रेस के बागी विधायकों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है और वे स्वस्थ हैं विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहन्ती तथा न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों को जारी किये गये नोटिसों पर यथास्थिति बनाये रखने को भी कहा है इससे पहले न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने जाने संबंधी कांग्रेस के बागी विधायकों के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हए केंद्र सरकार को आठवां पक्षकार बनाया है इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने जानकारी दी उन्होंने आज प्लाज्मा बैंक का पोस्टर जारी करते हुए कोरोना विजेताओं से ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा दान करने की अपील भी की डॉ शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के स्वास्थ्य को लेकर अति संवेदनशील है

इस बीच कोटा में प्लाज्मा थैरेपी से कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है कल एक साढ वर्षीय मरीज को प्लाज्मा दिया गया

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टैक्नोलोजी का उपयोग किया जाना चाहिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियाती तौर पर इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री का भाषण गार्ड ऑफ ऑनर ध्वजारोहण राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारे छोड़े जायेंगे दिशा निर्देश में सुझाव दिया गया है कि कोविड योद्धाओं जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यकता स्वच्छता कर्मियों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया जाये सरकार ने राज्य और जिला अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढाएं और आत्मनिर्भरता के विषय पर आधारित कार्यक्रम और गतिविधियां चलायें

मौसम केन्द्र जयपुर के प्रभारी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान के ऊपर बने मौसम तंत्र से आज और कल अनेक इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है उसके बाद भी विशेषकर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होगी जिससे बारिश में अब तक की जो कमी है उसकी कुछ भरपाई हो जाएगी

इन जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की भी संभावना है

बेबीनार में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर की अपर महानिदेशक रीजन डॉ प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में शिक्षा के ऑनलाइन संसाधन काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित हो रहे है